वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दस बैंकों के विलय की घोषणा की

प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अगले तीन वर्षों में देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जाने हैं जिनमें साढ़े बारह हजार आयुष केन्द्र होंगे इन आयुष केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य पोषक भोजन और स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाकर स्वास्थ्य देखभाल के प्रति समाज को सजग तथा सक्षम बनाना है श्री मोदी आज नई दिल्ली में योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को सम्मानित करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे बाईट प्रधानमंत्री जो लैब के अंदर तराशा गया हो जिसको मेडिकल साईंस की दुनिया समझ सके इस रूप में उसका प्रस्तुतीकरण हो और इसी के तहत आयुष को भारत के हेत्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्रणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेद योग तथा प्राक्र तिक चिकित्सा सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के बाद आयुष परिवार में सोवा रिगपा भी शामिल हुआ है श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा की जीवन शैली में विश्वास करते थे

यह किसी इलाज का तरीका नहीं है ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए है योग पुरस्कार से सम्मानित बिहार योग स्कूल मुंगेर के स्वामी शिवध्यानम सरस्वती ने कहा कि उनका संस्थान पचास से अधिक वर्षों से योग को बढ़ावा देने का काम कर रहा है

इस लक्ष्य के साथ कि लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो इस अवसर पर श्री मोदी ने आयुष प्रणालियों के जाने माने विशेषज्ञों और चिकित्सकों के सम्मान में बारह आयुष स्मारक डाक टिकट भी जारी किये जिनमें बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर को भी दर्शाया गया है फिट इंडिया अभियान रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है लोगों को फिट और स्वस्थ रखने में खानपान महत्वपूर्ण है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल की खानपान विशेषज्ञ डॉक्टर तनू ने कहा कि लोगों को अपने खानपान में फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बाईट डॉक्टर तनू अच्छी क्वांटिटी में वेजिटेबलस और फ्रूट्स का इनटेक करना है जिससे कि हमारा फाइबर इनटेक भी होगा और हमारा कॉलेस्ट्रोल नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा और साथ में हमने पानी का इनटेक हम अच्छा रखेंगे तो हमारा गट क्लीयर हो जाएगा जो कि एक्यूबलेट नहीं होगा अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज दस बैंकों के विलय की घोषणा की है घोषणा के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक का विलय होगा इस विलय से पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जायेगा केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया जायेगा वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय करके एक बैंक बनाया जायेगा इसके साथ ही इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा इस विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या अठारह से घटकर बारह रह जायेगी आयकर विभाग ने करदाताओं से सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी आदेश के झाँसे में नहीं आते हुए इकतीस अगस्त तक अपना रिटर्न भरने को कहा है विभाग ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल फर्जी आदेश की तस्वीर साझा करते हुये ट्विटर पर यह जानकारी दी है विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी आदेश में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि तीस सितम्बर बतायी गयी थी

पिछले दिनों जांच के दौरान खाद्य संरक्षा विभाग ने इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पायी थी जो हृदय रोग और अन्य किस्म की बीमारियों का कारक है

वरीय पुलिस अधीक्षक मंजीत ने बताया कि मौके से जिलेटीन टाईमर घड़ी वायर मंदिर का नक्शा और जेहादी दस्तावेज बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि पिछले छब्बीस अगस्त को बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े गिरफ्तार आतंकी एजाज अहमद निशानदेही पर यह छापेमारी की गई हांलाकि छापेमारी की भनक लगते ही दो संदिग्ध फरार हो गए फरार संदिग्धों की पहचान मोती अहमद और आरिफ रजा के रूप में की गई है जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोनों कपड़ों की फेरी करने की आड़ में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे आईजी अभियान सुशील खोपड़े ने कहा है कि बरामद विस्फोटक की जांच के आदेश दिए गए हैं प्रतिबंधित एके सैंतालीस और हैंडग्रेनेड बरामदगी मामले में गिरफ्तार मोकामा के निर्दलीय विघायक अनंत सिंह को पुलिस दो दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है इस बीच अनंत सिंह के करीबी भूषण सिंह ने आज अपने एक साथी रजनीश कुमार के साथ बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है इधर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आज महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात कर बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह के खिलाफ कई आरोप लगाए इसके साथ ही नीलम देवी ने विधायक अनंत सिंह को फंसाने का भी आरोप लगाया दरभंगा मंडल कारा के सहायक कारा अधीक्षक एन के प्रभात को कर्तव्य में लापरवाही और गंभीर कदाचार के आरोप में राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है वहीं बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में चेरिया बरियारपुर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार और सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने किसानों से भरपूर आय के लिए औषधीय गूणों से भरपूर सहजन की व्यावसायिक बागवानी करने का अनुरोध किया है श्री महापात्रा ने कहा है कि देश में पचासी प्रतिशत लधु और सीमांत किसान है जो सहजन की खेती कर इसके औश्धीय गुणों का लाभ उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि सहजन की पत्तियों से अब चाय बनाने के साथ कई मसालों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत निबंधन कराने में बिहार देश में अग्रणी राज्य बन गया है श्री कुमार ने बताया कि राज्य के लघु और सीमांत किसानों ने इस योजना में सबसे अधिक पंजीकरण कराया है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य के एक लाख से अधिक लघु और सीमांत किसान इस योजना से जुड चुके हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में लूट की घटनाओं में अपराधियों ने बीस लाख रुपये से अधिक लूट लिये पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या नौ स्थित एक निजी कार्यालय से अपराधियों ने लगभग नौ लाख रुपये लूट लिये वहीं किशनगंज जिले के केलटैक्स चौक पर अपराधियों ने एक मक्का व्यापारी से आठ लाख रुपये लूट लिये जबकि वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में आधा दर्जन अपराधियों ने एक निजी कंपनी से छह लाख रुपये लूट लिये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दस बैंकों के विलय की घोषणा की